मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं कांग्रेस की चिंता बढ़ती जा रही है कांग्रेस को अब सरकार बनाने की नहीं बल्कि जमानत बचाने की चिंता है

लेकिन अब स्थिति बदल गई है यह बदलाव ना राजा लाये और ना ही महाराजा बल्कि बदलाव शिवराज लाये हैं प्रधानमंत्री ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुये कहा कि प्रदेश में और खासतौर पर बुदेलखंड में पर्यटन की अपार संभावनायें है और हमारी सरकार इसको बढ़ावा देने के लिये काम कर रही है उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद सरकार ने तीन लाख फर्जी कंपनियों को बंद किया है और आयकर विभाग ने तीस हजार करोड़ रूपये की चोरी पकड़ी है

यहीं नहीं बल्कि विदेशों में जमा संपत्ति भी कानून बनाकर जब्त की गई है उन्होंने कहा कि ऐसे कारनामों में लिप्त रहे लोगों को ही उनकी सरकार से परेशानी हो रही है श्री मोदी ने मंदसौर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुये कहा कि किसानों को हो रही दिक्कतों के लिये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं राहुल वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सागर में एक सभा को संबोधित करते हुये भाजपा पर किसानों और गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल अमीरों की पूछ किया करती है श्री गांधी ने कहा कि मध्यप्रदेश के लोगों ने अभी शिवराज सरकार को और कुछ महीनों के बाद केन्द्र सरकार को हटाने का मन बना लिया है उन्होंने कहा कि भाजपा शासित हर राज्य में भ्रष्टाचार हुआ है राहुल गांधी ने आज दमोह और टीकमगढ़ में भी जनसभायें कर अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट किये जाने की अपील की है चुनाव प्रचार प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिये चुनाव प्रचार जोरो पर है सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज अशोकनगर शिवपुरी भिंड और मुरैना के कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय मंत्री उमा भारती ने भी आज कई शहरों में चूनाव प्रचार में हिस्सा लिया वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज धार जिले में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में पांच जनसभाओं को संबोधित किया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं चुनाव तैयारी विधानसभा निर्वाचन के लिये प्रदेश में तैयारियां अंतिम चरण में है आगरमालवा जिले में भी प्रशासन द्वारा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिये तैयारियां अंतिम दौर में है

चुनाव सुरक्षा प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये गये हैं शिवपुरी जिले की पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिये सभी मतदान केन्द्रों पर जिला पुलिस बल और पैरा मिलिट्रि फोर्स के जवान तैनात रहेंगे इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं

सभी मतदान केन्द्रों सहित शहर में कानून व्यवस्था बनाने का जिम्मा चुनाव आयोग ने सीआरपीएफ जवानों को सौंपा हैं

पुलिस अधीक्षक अरविन्द सक्सेना के मार्गदर्शन और निर्देशन में कंपनी कमांडर और जवानों को निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया प्रशिक्षण पाने वाले पुलिस और कंपनी के जवानों ने इटारसी के ग्राम सोनासावरी रैसलपुर धौखेड़ा चांदौन और भट्टी में फ्लेग मार्च किया टीआई विक्रम रजक ने बताया कि चुनाव के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहेगा इसके अलावा सुरक्षा के लिए अन्य टुकड़ियां भी मोर्चा संभालेंगी वहीं पुलिस अफसर लगातार पोलिंग बूथों पर सतत निगरानी करेंगे और संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर कड़ी चौकसी रहेगी यह समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू द्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन कर इन समाचारों को पढ़ भी सकते हैं मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के यू ट्यूब चैनलों और आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आईएन और डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट एनआईसी डॉट आईएन पर भी यह प्रसारण उपलब्ध रहेगा क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात आठ बजे फिर से सुना जा सकेगा

धार जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिये इस बार शासकीय कर्मचारियों को मोबाइल पर एस एम एस भेजकर मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है

इसके अंतर्गत इंदौर भोपाल सतना मुरैना होशंगाबाद रायसेन सागर उज्जैन और शिवपूरी में मतपत्र के द्वारा मतदान किया जा चुका है वहीं आज अशोकनगर में चुनाव ड्यूटी में तैनात शासकीय कर्मचारियों द्वारा सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक डाक मत पत्रों के जरिए मतदान किया गया

मध्यप्रदेश शासन और श्रीलंका महाबोधि सोसायटी द्वारा साँची में आयोजित इस उत्सव के लिये सुरक्षा के कडे इंतजाम किये गये है इस उत्सव में देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्वालू आया करते हैं आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रतिवर्षानूसार इस वर्ष भी बौद्ध वार्षिकोत्सव की शुरूआत गौतम बुद्ध के परम शिष्य सारी पुत्र महामोगल्यान के अस्थि कलश की पूजन अर्चन के साथ की गई इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीलंका के सांसद और पूर्व मंत्री दिनेश गुनवर्धन ने किया इज्तिमा कल से भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय तब्लिीगी इज्तिमा शुरू हुआ

संचालक खेल और युवा कल्याण डॉएसएल थाउसेन ने ऐश्वर्य के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें रजत पदक जीतने पर बधाई दी है वहीं मध्यप्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के खिलाड़ी प्रणय खरे ने बेंगलुरु स्थित एम्बेसी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित सीनियर नेशनल शो जंपिंग घुड़सवारी प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक जीतकर मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया है